राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा निष्पक्ष चुनाव के लिए मीडिया को निभानी होगी महत्वपूर्ण भूमिका वाइस एडमिरल करमबीर सिंह अगले नौ सेना प्रमुख होगें

पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है

भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की

पार्टी ने पटना साहिब क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा के स्थान पर विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है

पार्टी ने महाराष्ट्र में नांदेड से अशोक चव्हाण और मध्यप्रदेश में भोपाल से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है मलिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक में गुलबर्गा से दबारा टिकट दिया गया है

केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्ता अब्बास नकवी ने कल बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के सभी शीर्ष नेता देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभा को सम्बोधित करेगें

दिल्ली में पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल और केन्द्रीय मंत्री जेपी नड़डा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

झालाना ड्रेंगरी स्थित राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफू में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के साथ समाचार संपादक और समाचार वाचकों ने हिस्सा लिया कार्यशाला में आगामी लोकसभा चुनाव की कवरेज के दौरान बरती जाने वाली सावधानी पर चर्चा की गई

उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान आकाशवाणी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की श्री जोगाराम ने बताया कि चुनाव आयोग इस बार सोशल मीडिया के जरिये राजनीतिक प्रचार पर विशेष चौकसी बरत रहा है उन्होने ने कहा कि भ्रामक और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जायेगी

जिला कलेक्टर आनन्दी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इन जिलों से लगने वाली सीमा पर अवैध लेनदेन और खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियों को रोकने पर चर्चा की गई बैठक में साबरकांठा के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उदयपुर और अरवल्ली के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे

वहीं शुभंकर शेरू ने जिले में एक नई पहचान बनाई है शेरू के संदेशों को लेकर लोगों में खासी दिलचस्पी है

वाइस एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में पूर्वी नौ सेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं

वाइस एडमिरल सिंह वेलिंग्टन के डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज से स्नातक है वे परम विशिष्ट सेवा पदक और अतिविशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत है

आतंकवादियों को मिल रहे धन पर रोक लगाने के उपायों के तहत ऐसा किया गया है

इस मशीन का कल उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक राजेश तिवारी ने उदघाटन किया

अब तक रेलवे वर्कशॉप कर्मचारियों द्वारा डिब्बों की सफाई की जा रही थी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोग के प्रति जागरूकता बढाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस की शुरूआत की थी क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिये प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी जयपुर में इस अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र में राज्यस्तरीय कार्यक्रम के तहत चिकित्सकों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी का उदघाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विजय विश्नोई करेगें इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षक शिक्षाविद् शोधार्थी और छात्र छात्राएं भाग लेगें

भारत का अगला मैच आज कोरिया से होगा

जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम पर आईपीएल का पहला मैच कल राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जायेगा जयपुर को सात मैचों की मेजबानी मिली है इस बीच राजस्थान रॉयल्स के सभी खिलाड़ी जयपुर पहुंच चुके हैं और दिन के समय तथा रात को फ्लड लाइट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं